उत्तर बिहार के कई इलाकों में भारी बारिश की आशंका भाजपा के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने स्पष्ट किया है कि एनडीए अगले वर्ष होने वाला बिहार विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेगा विधानसभा में श्री मोदी ने कहा कि एनडीए को लेकर मीडिया के एक वर्ग द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है उन्होंने दावा किया कि पिछले पंद्रह साल के सरकार के प्रदर्शन के आधार पर राज्य की जनता एक बार फिर एनडीए को ही बिहार की सत्ता सोंपेगी और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे राज्य सरकार ने कहा है कि सहारा समूह की कंपनियां यदि निवेशकों का पैसा वापस नहीं करती है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी विधानसभा में एक सवाल के जबाव में उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि कंपनी की विभिन्न निबंधित सोसायटी का यह दायित्व है कि निवेशकों का पैसा तय समय पर भ्रगतान करें उन्होंने कहा कि इसमें तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं होती है बावजूद इसके सरकार अपने स्तर से भी निवेशकों की जमा पूंजी वापस कराने के लिए जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण अधिनियम के तहत पूरा प्रयास कर रही है केन्द्र सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा योजना को प्रदेश के सभी जिलों में लागू करने की स्वीकृति दे दी है वर्तमान में यह योजना सिर्फ सोलह जिलों लागू है शेष बाईस जिलों में योजना लागू करने की अधिसूचना जारी करने का प्रस्ताव केन्द्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के पास भेजा गया था जिसे स्वीकृति मिल गयी है ईएसआईसी के क्षेत्रीय निदेशक अरविंद कुमार ने बताया कि नवस्वीकृत बाईस जिलों में डिस्पेंसरी और शाखा कार्यालय की सुविधा जल्द ही शुरू कर दी जायेगी उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि आपदा पीड़ितों के लिए सरकार ने चार हजार तीन सौ बीस करोड़ रूपये की व्यवस्था की है साथ ही आकस्मिकता निधि के तहत आठ हजार बीस करोड़ रूपये भी उपलब्ध हैं विधान सभा में विनियोग विधेयक पर चर्चा के जबाव में श्री मोदी ने कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों तक हरसंभव सहायता उपलब्ध करायी जा रही है हर सरकारी योजना का लाभ पीड़ित परिवारों तक पहुंचाया जा रहा है श्री मोदी ने कहा कि हरेक बाढ़ पीड़ित परिवार को छह छह हजार रूपये की सहायता राशि उनके बैंक खातों में भेजी जा रही है अब तक चार लाख इक्यानवें हजार बाढ़ पीड़ित परिवारों के बैंक खातों में दो सौ पंचानवे करोड़ रूपये भेजे जा चुके हैं उत्तर बिहार की नदियों के जलस्तर में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है बागमती बूढ़ी गंडक कमला बलान खिरोई महानंदा और अधवारा समूह की नदियां कई स्थानों पर खतरे के निशान से अभी भी ऊपर है दरभंगा में खिरोई नदी के बायें हिस्से में तटबंध एक जगह ट्रट जाने से बाढ़ का पानी शहरी क्षेत्र में भी प्रवेश कर गया है तटबंध के टूटे हुए हिस्से के मरम्मत का काम चल रहा है इधर अररिया जिले में परमान नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से कई नये इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है पश्चिम चंपारण में भी नदियों के जलस्तर में वृद्धि का सिलसिला जारी है मूजफ्फरपूर में बूढ़ी गंडक नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है जिस कारण जिले के मीनापूर सिकंदपूर छोटी कोठिया और कई शहरी क्षेत्रों पर दबाव बना हुआ है वहीं लखनदेई नदी का जलस्तर बढ़ने से कटरा औराई और गायघाट प्रखंड में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है सीतामढ़ी में बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में कमी आयी है कई इलाकों में बाढ़ का पानी उतर गया है इधर मौसम विभाग द्वारा उत्तर बिहार में भारी बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किये जाने के बाद जल संसाधन विभाग ने अभियंताओं को तटबंधों की निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया है मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश की संभावना जतायी है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के अनुसार मॉनसुन के लिए अभी प्रदेश में अनुकूल स्थितियां बनी हुई हैं मधुबनी पूर्णियां अररिया कटिहार किशनगंज और सीतामढ़ी में कई स्थानों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है वहीं सीवान गोपालगंज पूर्वी चम्पारण पश्चिमी चम्पारण मुजफ्फरपुर दरभंगा सुपौल और मधेप्रा में अच्छी बारिश की सम्भावना है शेष हिस्सों में आसमान में बादल छाये रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार विभिन्न सरकारी विभागों से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान के मामले में पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है एक ट्वीट संदेश में श्री जावड़ेकर ने कहा कि सरकार की छवि बिगाड़ने के लिए कुछ लोग जानबूझकर शरारती प्रयास कर रहे हैं लेकिन उनकी आलोचना में कोई सच्चाई नहीं है क्योंकि आर टी आई अधिनियम में संशोधन करते समय सूचना आयोग की स्वायत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया गया है आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है उन्नीस सौ सत्ताईस में आज के ही दिन देश का पहला रेडियो प्रसारण एक निजी कंपनी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के तहत बॉम्बे केंद्र से किया गया था आठ जून उन्नीस सौ छत्तीस को भारतीय प्रसारण सेवा को ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी नाम दिया गया उन्नीस सौ सत्ताईस से रेडियो भारत में लोगों के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अपने आदर्श के अनुरूप सूचना शिक्षा और मनोरंजन उपलब्ध कराता रहा है वर्तमान में आकाशवाणी विश्व के सबसे बड़े लोक प्रसारकों में एक है मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में संदिग्ध दिमागी बुखार से एक और बच्ची की मौत हो गयी है हमारे संवाददाता ने बताया है कि देर रात तक संदिग्ध बीमारी के लक्षणों वाले दस नये बच्चों को भर्ती कराया गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक परीक्षा के लिए विलंब शुल्क के साथ ऑनलाईन फार्म भरने की अंतिम तिथि उनतीस जुलाई तक बढ़ा दी है बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने यह जानकारी देते हुए बताया कि छात्र इकतीस जुलाई तक परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र अंतगर्त एक जेवर दुकान में पिछले दिनों हुई लूट के मामले में पुलिस ने दो और अपराधियों को गिरफ्तार किया है पटना के हार्डिंग रोड में सिंचाई भवन के पास एक पेड़ के कार पर गिर जाने से चालक की मौके पर ही मौत हो गयी जबकि तीन अन्य घायल हो गये पूर्वी चंपारण जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतगर्त मीना बाजार चौक के पास एक होटल से पुलिस ने फर्जी आईपीएस अधिकारी बन लोगों से नौकरी के नाम पर ठगी करने के आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है बेगूसराय जिले के वीरपुर थाना क्षेत्र अंतगर्त डीह गांव में गंडक नदी में स्नान करने के दौरान डूबने से दो बहनों की मौत हो गयी पटना जिले के अथमलगोला थाना क्षेत्र के बिजरुक गांव से पुलिस ने तीन शराब कारोबारियों को भारी मात्रा में शराब के साथ गिरफ्तार किया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने चन्द्रयान टू के सफल प्रक्षेपण से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान लिखता है भारत की ऐतिहासिक कामयाबी चन्द्रयान टू चांद छूने चला दैनिक जागरण ने लिखा है धरती की कक्षा में चन्द्रयान टू सफलतापूर्वक हुआ स्थापित राष्ट्रीय सहारा ने इसी खबर को शीर्षक दिया है चन्द्रयान टू के बाद अगले साल मिशन सूर्य दैनिक भास्कर की सुर्खी है मोदी बोले नीतीश के नेतृत्व में ही एनडीए लड़ेगा विधान सभा चुनाव प्रभात खबर लिखता है हत्या के मामले में पूर्व राजद विधायक सुनील पुष्पम को उम्रकैद आज की सुर्खी है कर्नाटक में आज शाम छह बजे से पहले होगा फ्लोर टेस्ट

उत्तर बिहार के कई इलाकों में भारी बारिश की आशंका